मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखे और अब समाचार केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आरके सिंह ने कल वाराणसी में ग्राम उजाला कार्यक्रम का श्मारंभ किया इस कार्यक्रम के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ई ई एस एल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कन्वर्जेस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड सी ई एस एल ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले एलईडी वल्ब वितरित करेगी इस योजना के तहत पहले चरण में एक करोड़ पचास लाख एलईडी बल्ब वितरित किए जाएंगे

उधर देश के कुछ भागों में कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढने के मद्देनजर राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों को जांच निगरानी और उपचार की प्रक्रिया को सख्ती से लाग करने का अधिकार दिया गया है

इस बीच सरकार कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और कोविड की जांच बढाने पर जोर दिया जा रहा है

एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केवल कोविशील्ड टीके की दो खुराको के समयांतराल में बदलाव किया गया है और कोवैक्सीन टीके के लिए यह अवधि नहीं बढाई गई है नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि कोविशील्ड की दो खुराकों के बीच अंतराल चार से आठ सप्ताह कर दिया गया है स्वास्थ्य सचिव ने यह भी कहा कि कोवैक्सीन टीके के मामले में दो खुराकों के बीच अंतराल चार से छह सप्ताह का ही रहेगा बलिया जिले में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विकास भवन में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है इसका नंबर है शून्य पांच चार नौ आठ दो दो शून्य आठ दो सात लोग किसी भी समय इस नंबर पर फोन करके कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी अट्ठाईस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने सुझाव दे सकते हैं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना में सब इंस्टपेक्टर की मृत्यु पर दुःख जताते हुए शहीद के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है उन्होंने शहीद के परिजनों को पचास लाख रूपए की आर्थिक सहायता देने उनके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने और जनपद की एक सड़क का नामकरण शहीद के नाम पर करने की घोषणा की है मुख्यमंत्री ने इस घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं